मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये प्रभावी उपाय जारी रखें और लोगों को इससे बचाव के लिये निरन्तर जागरूक करते रहें मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी त्यौहारों की तैयारी के सिलसिले में लोग बड़ी संख्या में खरीददारी के लिये बाजार में पहुंच रहे हैं इसे ध्यान में रखते हुये विभिन्न समूहों की फोकस टेस्टिंग का कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किया जाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं नये दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्व तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है यूजीसी ने सप्ताह में छह कार्य दिवस और सुरक्षित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को धान खरीद का भूगतान बहत्तर घंटे के अन्दर सुनिश्चित करने के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को धान खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिये उन्होंने बताया कि धान क्रय केन्द्रों पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक पैंसठ लाख कुन्टल से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाईस दशमलव ग्यारह मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है प्रदेश के सभी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों राजकीय विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों जिला पंचायत के कर्मचारियो और दैनिक वेतनभागी कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस देने की घोषणा की गयी है कर्मचारियों को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए तीस दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस मिलेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने बोनस भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया है बोनस की राशि पच्चीस प्रतिशत नकद और पचहत्तर प्रतिशत कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगी प्रदेश सरकार ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दीपोत्सव मनाने का फैसला किया है इस अवसर पर लगभग छह लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का कार्यक्रम है

प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के सभी मानकों का पालन किया जाएगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवन हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए कोविड से स्वस्थ लोगों की क्ल संख्या सतहत्तर लाख पैंसठ हजार से अधिक हो गई है स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढने से कूल संक्रमित लोगों में से केवल छह दशमलव एक नौ प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है सरकार ने कहा है कि इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से अठहत्तर प्रतिशत से अधिक दस राज्यों और केन्द्रशासित प्रद्रेशों में हैं इस समय पांच लाख बीस हजार मरीज इलाज करा रहे हैं पिछले चौबीस घंटों में देश में सैंतालिस हजार छः सौ अड़तीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में संक्रमित लोगों की क्ल संख्या चौरासी लाख से अधिक हो गई है केन्द्र की प्रभावी नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्य दर में कमी आई है इस समय देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड से छः सौ सत्तर लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या एक लाख चौबीस हजार नौ सौ पचासी हो गई है